नगरीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं निर्वाचन कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार प्रदेश में एक सौ चौव्वन नगरीय निकायों में नवंबर दिसंबर माह में और त्रिस्तरीय पंचायतों में अगले साल जनवरी फरवरी में चुनाव कराया जाना संभावित है इसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन शाखा में आवश्यक अमला निर्वाचन सामग्री कम्प्यूटर और फोटोकॉपी मशीन की व्यवस्था करने को कहा गया है आयोग ने पत्र में कहा है कि जिन नगरीय निकायों में परिसीमन की कार्यवाही चल रही है वहां काम प्ररा होने की सूचना मिलने के बाद आयोग तुरंत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की कार्रवाई करेगा आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों का आंकलन और स्थापना तीन महीने पहले ही कर लेने के लिए कहा है नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केन्द्रों का निर्धारण किया जाएगा

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की आपात बैठक लेकर राज्य में अवर्षा की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने अस्सी प्रतिशत से कम वर्षा वाले करीब नौ जिलों में बीज और उर्वरक के भण्डारण तथा वितरण पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए श्री चौबे ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार के आदान सामग्रियों में कमी न हो इसके लिए कृषि और संबंधित विभागों के मैदानी अमला प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें कृ षि मंत्री ने अवर्षा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए दलहन तिलहन और कम वर्षा की धान किस्मों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को भी समसामयिक तकनीकी सलाह जारी करने को कहा कृषि मंत्री ने उद्यानिकी विभाग को बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को बीज और खाद की व्यवस्था तत्काल कराने को कहा खाद्य मंत्री राशन कार्ड खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राशन कार्डो के नवीनीकरण के लिए प्रदेश में लगाए जा रहे आवेदन शिविरों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी खाद्य मंत्री ने कहा कि अधिकांश राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किए गए हैं जिसे देखते हुए आवेदन शिविरों में महिला कार्डधारियों के बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए अशिक्षित आवेदक के आवेदन पत्र को भरने के लिए श्री भगत ने समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र भरने और दस्तावेज संलग्न करने के लिए पर्याप्त संख्या में शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए जिससे आवेदकों को अधिक समय तक आवेदन शिविर में रूकना न पड़े उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में पंद्रह जुलाई से राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है इस बार करीब अंठावन लाख राशन कार्डो का नवीनीकरण किया जाएगा पुनिया केन्द्र पत्र कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के वार्षिक कैरोसिन आवंटन को बढ़ाने की मांग की है पत्र में उन्होंने लिखा है कि उज्जवला योजना के लागू होने के बाद केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए जाने वाले सालाना कैरोसिन के कोटे में कटौती की है गैस कनेक्शन होने के बाद भी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को कैरोसिन की जरूरत होती है श्री पुनिया ने कहा कि गरीब आदिवासी परिवारों के लिए गैस सिलेंडर के लिए राशि देना संभव नहीं है उन्होंने हर साल एक लाख अंठावन हजार किलोलीटर कैरोसिन आवंटन की मांग की है जिससे गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कैरोसिन मुहैया कराई जा सके शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के संयोजक शिवराज सिंह चौहान कल एक दिन के प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज रायपुर में पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में हुई एक पत्रकारवार्ता में बताया कि श्री चौहान रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

वहीं रायपुर लखोली सेक्शन में कल से दस दिनों के लिए पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के स्टॉपेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है इसके अलावा बिलासपुर मंडल के अंतर्गत गतौरा और जयराम नगर स्टेशनों के बीच आगामी चौबीस और पच्चीस जुलाई को कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा चौबीस जुलाई को रायगढ़ बिलासपुर मेमू और गेवरारोड़ बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी वहीं गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच रद्द रहेगी गेवरारोड रायपुर पैंसेजर ट्रेन गेवरारोड बिलासपुर के बीच पच्चीस जुलाई को भी रद्द रहेगी टाटानगर इतवारी पैसेंजर चौबीस जुलाई को झारसुगड़ा स्टेशन में समाप्त हो जाएगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवारजन उपस्थित थे इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे नेशनल यूथ अवॉर्ड मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के ग्राम फुलवारी के नितेश साहू को नेशनल यूथ अवॉर्ड के लिए चुना गया है नितेश साहू को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्र निर्माण तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है इसके अंतर्गत उन्हें पचास हजार रूपए नगद प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए नितेश साहू को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं किक बॉक्सिंग बॉडी बिल्डिंग हरियाणा के रोहतक में कल से शुरू होने वाली राष्ट्रीय किक बाक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के नौ खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव तारकेश मिश्रा ने बताया कि विभिन्न वर्गो में होने वाली यह प्रतियोगिता इक्कीस जुलाई तक चलेगी जिसमें विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे उधर नेपाल के काठमांडू में अट्ठारह से इक्कीस जुलाई तक होने वाली साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व मिस छत्तीसगढ़ निशा भोयर करेंगी यह प्रतियोगिता नेपाल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस फेडरेशन के द्वारा आयोजित की जा रही है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में सावन के शुरू होने के साथ ही एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है वहीं आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है वहीं उत्तर पश्चिम राजस्थान उत्तरप्रदेश बिहार में एक द्रोणिका गुजर रही है इसके असर से प्रदेश में बारिश हो सकती है

आवेदक नवा रायपुर की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं